केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से आने वाले वर्षो में हर वर्ग को मिलेगा लाभ और प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर सत्ता का दबाव बनाने का लगाया आरोप

नामांकन वापिसी के दिन आज धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापिस नहीं लिया जबकि पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार आशीष सिक्टा ने भाजपा के समर्थन में नाम वापिस ले लिया है

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि कुछ नाराजगी के चलते आशीष सिक्टा ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करवाया था उन्होंने कहा कि पार्टी में आशीष सिक्टा का पूरा मान समान किया जाएगा मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार राज्य के समान व संतुलित विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है उन्होंने जुन्गा दशहरे मेले का जिला स्तरीय करने की घोषणा की इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज सेरी गांव में दुर्लभ हिमालयी चैहड़ फिजेंट प्रजाति के पक्षी को जंगल में छोड़ा वन विभाग द्वारा इस पक्षी के संरक्षण व प्रजनन की दिशा में ये कदम उठाया गया है

उन्होंने कहा कि एक माह के इस डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत लोगों को बैंकिंग सेवाओं से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारियां दी जाएंगी उन्होंने बैंक के प्रगति रथ को भी रवाना किया और बैंक द्वारा विभिन्न गतिविधियां आरंभ करने की सराहना की

इस अवसर पर वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतर मौका मिलता है उन्होंने युवाओं से देश व प्रदेश की समुद्ध और गौरवशाली परम्परा को आगे ले जाने में अपना सहयोग देने का आहवान किया

इस बीच वीरेंद्र कवर ने डुग्गा पंचायत में सामुदायिक भवन का उद्घाटन भी किया

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जेपी नडडा के प्रवास को लेकर विस्तृत चर्चा की उन्होंने बताया कि जगत प्रकाश नड्डा के प्रवास के दौरान मंडी बिलासपुर व कुल्लू में रैलियों का आयोजन किया जाएगा हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा जिला के तीसा उपमंडल में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सत्यास के भवन का लोकार्पण किया

बाद में उन्होंने बैरागड़ चंडीगढ़ शिमला बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए केन्द्र की भाजपा सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं आज हमीरपुर के बड़ू स्थित बहुतकनीकी संस्थान में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित दो दिवसीय कस्टमर आउट रीच कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही

अनुराग ठाकुर ने बैंकों से ग्राहकों तक अपनी सेवाएं त्वरित पहुंचाने और लघु सूक्ष्म उद्योग बकरी पालन व डेरी फार्मिंग को लेकर अधिक से अधिक लोगों को ऋण देने को कहा केन्द्रीय मंत्री ने क्षेत्र में इस संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता शिविर लगाकर लोगों आजीविका से संबंधित छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित करने का आहवान किया

अनुराग ठाकुर ने विभिन्न बैंकों द्वारा ग्राहकों की सेवा व जागरूकता के लिए स्थापित स्टॉलों का अवलोकन भी किया इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर के अलावा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे राठौर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र में अपनी सत्ता का दबाव बनाने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक ब्यान में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पच्छाद उपचुनाव में सत्ता का दुरूपयोग करते हुए भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा महिला नेत्री को चुनाव मैदान से जबरन हटाना निंदनीय है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में च्नाव लड़ने का सभी को समान अधिकार है और भाजपा किसी को भी जबरदस्ती चुनाव लड़ने से हटने को मजबूर नहीं कर सकती राठौर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में ऐसी तानाशाही को नहीं चलने देगी उन्होंने चुनाव अयोग से अपने संवैधानिक दायित्व को कड़ाई से निभाने का आग्रह भी किया मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है केलंग से हमारे प्रतिनिधि कुंदन लाल ने बताया कि रोहतांग व कुंजुम दर्रा सहित बारालाचा व सप्तऋषि स्थानों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है

राजधानी शिमला व आस पास के इलाकों में हल्के बादलों के बीच धूप खिली रही

गोबिंद ठाकुर युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति वचनबद्व है शिमला शहर के उपनगर ढली स्थित विशेष बच्चों के संस्थान में खेल कूद प्रतियोगिता में बतौर मुख्यतिथि उन्होंने ये विचार व्यक्त किए गोबिंद ठाकुर ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज सुजानपुर महाविद्यालय में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना व मंदिर अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान अपने आप में एक मंदिर होता है और यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले अच्छी तालीम लेकर भविष्य का निर्माण करते हैं